सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिये प्रभावी कदम उठाये जाएं उन्होंने लखनऊ कानपूर नगर प्रयागराज वाराणसी और गोरखपूर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन जनपदों में कोविड नाइन्टीन के सौ से अधिक मामले हैं वहां विशेष साक्यानी बरती जाए मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य में कोविड नाइन्टीन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन का नया स्ट्रेन काफी तेजी से फैलता है इसलिये पूरी सजगता बरतना आवश्यक है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सौ से अधिक लोग एकत्र न हो श्री योगी ने गर्मी के मौसम में आग लगने के कारण होने वाली दूर्घअनाओं को देखते हए विशेष साक्षानी बरतने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में अग्निशमन केन्द्रों को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि पशुहानि या फसल को हुए नुकसान की स्थिति में प्रभावित लोगों को तत्काल मुआवजा राशि प्रदान की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में कोविड नाइन्टीन के टीके की पहली डोज लगवाई उन्होंने पैंतालीस वर्ष से अधिक आय के सभी लोगों से कोविड से सुरक्षित रहने के लिये टीका लगवाने की अपील की टीकाकरण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसलिये सभी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और दो गज की सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड के तीन हजार नौ सौ निन्यानबे नये मामले सामने आये हैं इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर बाईस हजार आठ सौ बीस हो गयी है अब तक कुल छः लाख दो हजार तीन सौ उन्नीस मरीज महामारी से स्वस्थ हुए हैं जबकि आठ हजार आठ सौ चौरानबे लोगों की मृत्यु हुयी है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम भी तेजी से किया जा रहा है कल एक दिन में एक लाख इकसठ हजार दो सौ सत्तर नमनों की जांच की गयी इनमें से चौरासी हजार से अधिक नमूनों की जांच आरटीपीसीआर विधि से की गयी श्री प्रसाद ने बताया कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने कल चौदह लाख से अधिक नमूनों की जांच करने की उपलब्धि हासिल की उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल तीन करोड़ पांच लाख पचहत्तर हजार दो सौ बत्तीस नमूनों की जांच की जा चुकी है

इस अभियान में सभी के मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों पर साफ सफाई रखने और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा यह विशेष अभियान इस माह की चौदह तारीख तक चलेगा कल हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात अप्रैल को शाम सात बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों शिक्षकों और अभिमावकों के साथ बातचीत करेंगे इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्च्अल माध्यम से आयोजित किया जाएगा आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे आज बाबू जगजीवन राम की जयंती है बाबू जगजीवन राम उन महान नेताओं में से एक हैं जिन्होंने गरीबों और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था बाब्र जगजीवन राम का जन्म पांच अप्रैल उन्नीस सौ आठ को बिहार में आरा जिले के चंदवा गांव में हुआ था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि दी है श्री योगी ने एक ट्वीट में कहा कि स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम समाज में समता और बंधत्व की स्थापना के लिये आजीवन समर्पित रहे उन्होंने कहा कि आध्निक भारत के निर्माण में बाबू जगजीवन राम का अविस्मरणीय योगदान सभी को प्रेरणा देता रहेगा